बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील की प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने को प्रोत्साहन देने के लिए शर्तो को बनाया उदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कुंभ भारतीय संस्कृति विरासत और आदर्शो से परिचित कराने का है महत्वपूर्ण अवसर मुख्यमंत्री बाढ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ से प्रभावित बस्ती गोण्डा बाराबंकी और सीताप्र जिलों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की बस्ती के दुबैलिया ब्लाक के कटारिया चाँदपुर तटबंध का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदनशील है उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों से सहयोग करने की अपील की श्री योगी ने कहा कि अगले वर्ष से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय से पूर्व पक्के बांधों की मरम्मत कराने की व्यवस्था की जायेगी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से बजट में व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में बेहतर विद्यत आपूर्ति क लिए आठ सौ करोड़ रूपये की पॉवर प्रोजेक्ट द्बौलिया में स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है डुमरियागंज के सांसद जगदम्पिका पाल और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया तथा राहत कार्यो के बारे में विस्तृत जानकारी दी बलिया में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बाढ़ प्रमावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित लोगों की समस्याओं और राहत सामग्री की उपलब्यता के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री रीता बहगुणा जोशी ने सीतापुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है पिछले दो दिनों में तेज बारिश के कारण वर्षा जनित हादसों में चालीस लोगों के मरने की खबर है वहीं हजारों गांव बाढ़ के पानी से घिरे हए हैं जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है राज्य की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है कानपुर उन्नाव फतेहपुर फर्रूखाबाद शाहजहांपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर वह रही है वहीं बनारस रायबरेली और बलिया में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है कई स्थानों पर रामगंगा घाघरा और शारदा नदी उफान पर है नदियों में बाढ़ और लगातार हो रही बारिश जानलेवा बन गई है हरदोई के पचलाई गांव में दीवार गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मृत्यु हो गई वहीं रामपुर में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई कई स्थानों पर हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि जलमग्न हो गई है और पशुओं के लिए चारे का संकट बना हुआ है बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को नाव की सहायता से सुरक्षित स्थानों पर पहंचा जा रहा है इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी मध्य तथा तराई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है झांसी में दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना के चलते जिलाधिकारी ने सभी शासकीय स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिये हैं जिले में माताटीला डैम से एक लाख दस हजार क्यूसेक डुकवा बांध से चौवालिस हजार क्यूसेक और पारीछा डैम से सत्तावन हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है बदायूं के दातागंज तहसील में लगभग एक दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में है इन गांवों का सम्पर्क तहसील मुख्यालयों से कट गया है जिससे पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने में दिक्कते आ रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजमर्रा की बातचीत के जरिए हिन्दी भाषा के प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया है कल नई दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया विश्व भर में अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने समिति के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि हिन्दी सहित भारतीय भाषाओं की मदद से लोग समूचे विश्व से जुड़ सकते हैं केन्द्रीय पर्यटन राज्यमंत्री के जे अल्फॉन्स ने विदेशी पर्यटकों को भारत आने के लिए आकर्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने कहा है कि भारत में पर्यटन क्षेत्र में अतुल्य संभावनाएं हैं वे कल विशाखापटनम में चौंतीसवीं आई ए टी ओ सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शर्तों को और उदार बनाने तथा इसके तहत बैंक खाते खोलने के वास्ते लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुक्धा दोगुनी करते हुए पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी गई है उन्होंने कहा कि इस योजना में ओवरड्राफ्ट की सुविधा पाने के लिए आयु सीमा अट्ठारह से साठ वर्ष की जगह अट्ठारह से पैंसठ वर्ष कर दी गई है नये रू पे कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है जन धन योजना को विश्व में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना बताते हुए श्री जेटली ने कहा इसमें थर्टी टू प्वाइंट फोर वन करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं ये वर्ल्ड बैंक ने और सब इंस्टीट्यूशंस ने इसको दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेशियल इन्क्लूजन स्कीम माना है प्ररे विश्व में इस चार साल में साढ़े इक्यावन करोड़ अकाउंट खुले हैं जिसमें से थर्टी ट्र प्वाइंट फोर वन केवल जनधन का कम्पोनेंट है वित्त मंत्री अरूण जेटली ने रुपये के मूल्य में गिरावट के लिए वैश्विक घटकों को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंरने कहा कि इसमें विंता की कोई बात नहीं है श्री जेटली ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक आवश्यक कदम उठा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ भारतीय संस्कृति विरासत और आदर्शो से सबको परिचित कराने का महत्वपूर्ण अवसर है उन्होंने कम को मानवता की अपार जनसमूह के समागम का पर्व बताते हुए कहा कि इसमें देश और दृनिया की विभिन्न संस्कृतियों के लोगों की भागीदारी होती है यह पर्व शांति सामंजस्य और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है यह बात मुख्यमंत्री मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन ऑडिटोरियम में आयोजित संस्कृतिक कुंभ कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कही इस अवसर पर ने उन्होंने कुम मेला एक परिचय प्रयागराज कुम दो हजार उन्नीस पुस्तिका का विमोचन भी किया उन्होंने कहा कि कुम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कृंभ के दौरान अतिथियों श्रद्वालुओं और तीर्थयात्रियों को चित्रकूट और काशी का भ्रमण कराने की भी योजना है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया है उसी प्रकार भारतीय सम्यता परम्परा व संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया जायेगा समारोह में कूंभ पर प्रसून जोशी की लघ् फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया फिल्म निर्देशक सुभाष घई की अकादमी और पर्यटन विभाग ने कुंभ पर एक वीडियो भी तैयार किया है प्रदेश सरकार अगले डेढ़ महीनों में पैंतीस लाख घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया करायेगी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान बताया कि योगी सरकार ने पिछले पांच माह में अड़तालीस लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी लोगों को बिजली कनेक्शन देने के लिए प्रतिबद्व हैं उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित हर सुक्धिाएं मिले श्री शर्मा ने कहा कि समय पर बिजली के बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ता को पांच फीसदी की छूट दी जा रही है सिद्वार्थनगर जिले में कल लोटन गांव में ग्राम स्वराज चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें सांसद जगदम्बिका पाल स्थानीय विधायकों और जिलाधिकारी सहित प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों ने हिस्सा लिया यह गांव सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा गोद लिया गया गांव है